उन्होंने लोगों से अपने परिवार मित्रों और सहयोगियों को मतदान करने के लिए प्रोत्साहित करने की अपील की है

उन्होंने मतदान के योग्य सभी युवाओं से मतदाता पंजीकरण का अनुरोध किया है श्री मोदी ने कहा कि मतदान राष्ट्र के विकास में योगदान की इच्छा को प्रकट करता है इसके माध्यम से देश के लोग आपस में जुड़ते हैं और अपनी आकांक्षाएं पूरी करते हैं प्रधानमंत्री ने राजनीतिक कार्यकर्ताओं व्यापारियों खिलाडियों फिल्मकारों मीडिया और सुबह सैर करने वाले लोगो से अनुरोध किया है कि वे मतदाताओं में जागरूकता पैदा करें

उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाने के लिए भारत को ज्ञान केन्द्रित और प्रौद्योगिकी आधारित भूमिका निभाने की आवश्कयता है चेन्नई में एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज के समारोह में श्री नायडू ने कहा कि भारत को नवाचार संस्कृति और टेक्नॉलोजी से जुड़े उद्यमों को बढ़ावा देना चाहिए जिससे देश विश्व में उपलब्ध अवसरों का भागीदार बन सके

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा पुलिस महानिदेशक पद के लिये सिफारिशें और नियुक्ति के लिये सूची तैयार करने का काम पूरी तरह से मेरिट के आधार पर होना चाहिए शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक प्रकाश सिंह के आवेदन पर यह स्पष्टीकरण दिया

सोमवार को कांवटिया अस्पताल में एक मरीज के परिजनों द्वारा रेजीडेंट डॉक्टर से मारपीट की घटना के बाद से दो हजार से अधिक रेजीडेंट डॉक्टर हडताल पर हैं हड़ताल की वजह से चिकित्सा व्यवस्थाएं प्रभावित हुई है और कई मरीजों के ऑपरेशन टल गये है हड़ताल कर रहे डॉक्टर कांवटिया अस्पताल के अधीक्षक को हटाने की मांग पर अडे हुए है

जयपुर में आज भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की बैठक हुई जिसमें आगामी चुनावों को लेकर विभिन्न मुददों पर मंथन हुआ बैठक में पार्टी के चुनाव प्रभारी प्रकाष जावडेकर प्रदेष अध्यक्ष मदन लाल सैनी राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांषु त्रिवेदी सहित वरिष्ठ नेताओं ने षिरकत की बैठक के बाद श्री जावडेकर ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी पूरे आत्मविष्वास के साथ अपना चुनावी अभियान शुरू कर रही है तथा आगामी दिनों में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत अन्य नेता प्रदेष में सभाए करेंगे उन्होंने कहा कि आतंकवाद मुक्त गरीबीमुक्त गदंगीमुक्त तथा भ्रष्टाचारमुक्त भारत जैसे मुद्दों पर पार्टी चुनाव लड़ेगी उन्होंने कहा कि विधानसभा के चुनाव परिणामों को लोकसभा के परिणामों से जोडकर नहीं देखा जाना चाहिए

बैठक में पार्टी के प्रदेष प्रभारी अविनाष पांडे मुख्यमंत्री अषोक गहलोत उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट समेत वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में मुख्यमंत्री अषोक गहलोत ने कहा कि लोकसभा चुनावों के लिए प्रत्याषियों के नाम पर लगभग सहमति बन चुकी है

उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा कई स्थानों पर मजबूरी में गठबंधन कर रही है

उधर प्रतापगढ में स्वीप गतिविधियों के कम में आज ईवीएम वी वी पैट द्वारा मतदान प्रक्रिया को प्रदर्शित किया गया

मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार ने नोडल अधिकारियों से कहा कि आचार संहिता के दौरान रोजाना शराब की बिकी की मॉनीटरिंग भी की जाए उन्होंने निर्देश दिए कि राज्य स्तरीय बैंकिंग समिति प्रदेश में एक लाख रूपए से ज्यादा का संदिग्ध लेनदेन करने वालों पर कड़ी नजर रखे

बैठक में आबकारी आयकर वाणिज्य कर नारकोटिक्स रेलवे एयरपोर्ट ऑथोरिटी के अधिकारियों ने हिस्सा लिया

बोर्ड में नकल रोकने के लिए उड़न दस्तों का गठन किया है जो परीक्षा केन्द्रों का औचक निरीक्षण करेंगे

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और प्रदेश में पार्टी के प्रभारी अविनाश पाण्डे ने श्री गांधी की ओर से चादर चढाई और अकीदत के फूल पेश किये